केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे इन स्पेशल पार्सल ट्रेनों से किसानों की उपज का परिवहन किया जाएगा

जिले में अब तक दस लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है वहीं होशंगाबाद जिले के बावई के रहने वाले व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री में संक्रमण की पुष्टि हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले जांच प्रतिदिन सौ से भी कम थी जो अब बढ़कर अब छह लाख प्रतिदिन से अधिक हो गई है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपने यहां जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है खाद बीज प्रदेश में खाद और बीज के मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई का दौर जारी है कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि गड़बड़ी का पता लगते ही लायसेंस निरस्त किए जा रहे हैं

महाविद्यालय ऑनलाइन प्रवेश प्रदेश के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में स्नातक एव स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ई प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से स्वतः सत्यापन हो जाने पर महाविद्यालय में जाकर सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी ऑनलाइन सत्यापन न होने की स्थिति में आवेदक को निकट के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा

इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है

सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों के लिए यह वर्षा बहुत लाभकारी है